सुबह आठ बजे शुरू होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

जल सम्मेलन भोपाल में आज राज्य सरकार और जल जन जोड़ो अभियान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा

श्री सिलावट कल भोपाल में अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे इस दौरान जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मिलावटखोरी मानवता के लिये घातक है इसे हर स्तर पर रोकना होगा वहीं महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि भोजन सहित अन्य खाद्य सामग्री के मामले में परम्परागत तरीके अपनाकर मिलावटी चीजों के द्वष्प्रभावों से आसानी बचा जा सकता है समारोह में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अंतर्गत आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरुस्कृत किया गया

ये निर्णय कल कलेक्टर लोकेष जाटव की अध्यक्षता में अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में लिया गया कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्ले स्कूल जैसी सुविधाये उपलब्ध कराई जायेंगी जिसके लिये महिला एवं बाल विकास के सुपरवाइजर और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके अलावा इन केंद्रों में षिक्षा के लिए प्ले स्कूल में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि बच्चों का आंगनवाड़ी के प्रति रुझान बढ़े एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कल से देश भर में शुरू हो गया है

न्यूजीलैण्ड श्रृंखला में दो शून्य से आगे है मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े सात बजे शुरू होगा